जिले में तैनात पीआरटी जेबीटी एचटी और कलासिकल व वर्नाक्लर अध्यापक इस नीति का लाभ ले सकेंगे

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार आज नई दिल्ली में स्मृति स्थल पर प्रे राजकीय सम्मान के साथ किया उनकी चिंता को अग्नि मंत्रोचारण के बीच उनकी प्त्री नमिता कौल भद्दाचार्य ने दी राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा अन्य राष्ट्रीय तथ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं समेत हजारों लोगों ने अश्र्पूरित आखों से अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई दी श्री वाजपेयी का कल शाम नई दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया था आज सवेरे उनका पार्थिव शरीर आम लोगों के दर्शानार्थ उनके सरकारी निवास स्थान कृष्णा मेनन मार्ग पर रखा गया बाद में उन्हें पंडित दीन दयालय उपाध्याय मार्ग पर स्थित भाजपा म्ख्यालय में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया

स्मृति स्थल पहंचने पर मंत्रोंचारण के बीच वहां उपस्थित अति विशिष्ट लोगों ने उन्हें श्रद्वास्मन अर्पित किये स्वर्गीय श्री वाजपेयी को प्ष्प चक्र चढ़ाने वालों में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायड्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष स्मित्रा महाजन भूटान नरेश जिसमें खेसर नामग्पाल वांग्च्क श्रीलंका के विदेश मंत्री लक्षमण किरिला केन्द्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतामरन विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज पूर्व केन्द्रीय मंत्री व भाजपा नेता लाल कृष्ण अडवाणी पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहल गांधी अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई शामल थे भारतीय सेना के तीनों अंगो के प्रधान जरनल बिपिन रावत चीफ एडमिरल स्नील लांबा तथा एयर चीफ मार्शन बी एस धनोआ ने भी श्री बाजपेयी के पार्थिव शरीर प्ष्प च्रक अर्पित किये श्री वाजपेयी के अंतिम संस्कार के अवसर पर उत्तरप्रदेश हरियाणा छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री शिरोमणि अकाली दल के प्रधान स्खबीर बादल और अन्य नेता भी उपस्थित थे इसे पहले पूर्व भाजपा मुख्यायल पर हरियणा श्री मनोहर लाल तथा शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रतन स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रदवाजंलि अर्पित की हरियाणा के राजयपाल प्रो कप्तान सिंह सोलंकी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक व्यक्त किया है अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि हमने अनन्य देश भक्त उदार विचारक और एक द्रदर्शी राजनेता को खो दिया है उन्होंने कहा कि वे अजात शत्र् थे जिन्हे सभी दलों के नेता सम्मान की दृष्टि से देखते है हरियणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन को राष्ट्र राजनीति और भाजपा के लिए अप्रणीय क्षति बताया है अपने संदेश में म्ख्यमंत्री ने कहा कि देश ने एक प्रतिभावान नेता खो दिया है जो सदैव गरीबों और दलितों के हित के लिए लड़े है हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और उनके निधन से देश की राजनीति का एक मजबूत सतम्भ ढह गया पूर्व सांसद पवन क्मार बांसल ने स्वर्गीय नेता के निधन पर अपने शोक संदेश में कहा कि अतीत के साथ एक गौरवशाली कड़ी ल्प्त हो गई है

लोकप्रिय नेता के सम्मान में सात दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है

अमरीका के विदेश मंत्री माईक पोपियो ने अपने ब्यान में कहा कि द्ःख की इस घड़ी में अमेरिका के लोग भारत के साथ है उन्होंने कहा कि श्री वाजपेयी ने काफी पहले ही समझ लिया था कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित आपसी भागीदारी से पूरे क्षेत्र और विश्व की आर्थिक समृदवि और स्रक्षा बढ़ेगी स्वास्थ्य खेल एवं य्वा कार्यक्रम मंत्री अनिल विज लोकसभा सांसद रतन लाल कटारिया श्रम एवं रोज़गार राज्यमंत्री नायब सिंह सैनी अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल व मुलाना की विधायक श्रीमती संतोष चौहान सारवान ने भी भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है इन नेताओं ने कहा कि अटल जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री ही नहीं थे अपित् अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति के धनी थे जिनका उनसे राजनीतिक मतभेद रखने वाले अन्य दलों के नेता सम्मान करते थे उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के विकास के साथ साथ साम्प्रदायिक एकता और परस्पर भाईचारे के पक्षधर रहे है

पूर्व मंत्री स्भाष चौधरी व पूर्व विधायक अर्ज्न सिंह ने कहा कि अटल जी के जाने से राजनीति के एक य्ग का अंत हो गया है पाकिस्तान सरकार और आला नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्खद निधन पर शोक व्यक्त किया है और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के द्विपक्षीय सम्बधों में बदलाव लाने में अपना बहमूल्य योगदान दिया है और कहा है कि अटल जी विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग के हमेशा पक्षधर रहे है एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार व जनता इस द्रख की घड़ी में वाजपेयी जी के परिवार भारत सरकार व भारत की जनता के साथ हार्दिक संवदेना का भाव रखती है

राज्स्व एवं आपदा प्रबधन कमंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने कहा कि किसान या भू मालिक फसल बेचने के बाद कोमन सेवा केन्द्र या अटल् सेवा केन्द्र पर जाकर ई दिशा पोर्टल को लॉग इन करके वेब हैलरिसा सिस्टम से भूमि की जानकारी लेकर बीजी फसल का ब्यौरा डाल सकता है